उन्होंने कन्टेनमेंट जोन के बाहर अनुमन्य गतिविधियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित कराने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन की चेन तोड़ने के लिए प्रत्येक स्तर पर पूरी साक्वानी और सतर्कता बरतना जरूरी है उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क के अनिवार्य उपयोग और आपस में दो गज की दूरी बनाए रखने के सम्बंध में जागरूक किया जाए मुख्यमंत्री ने राज्य में कोविड नाइन्टीन के एक लाख पंद्रह हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए घर घर सर्वेक्षण और कोविड मरीजों के संपर्कों का पता लगाने के कार्य को तत्परता से करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को हरसम्भव राहत और मदद उपलब्ध करायी जाए उन्होंने राहत कार्यों के लिए अतिरिक्त नावों की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या साढे दस लाख पार कर गई है पिछले चौबीस घंटों में सँतीस हजार दो सौ तेईस रोगी स्वस्थ हुए हैं यह एक दिन में स्वस्थ होने वालों की सबसे अधिक संख्या है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कोविड से स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या दस लाख सत्तावन हजार आठ सौ पांच हो गई है संक्रमण से स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमलव पांच चार प्रतिशत हो गई है कोविड मृत्यु दर घटकर दो दशमलव एक आठ प्रतिशत रह गई है प्रदेश में कल कोविड नाइन्टीन के रिकॉर्ड एक लाख पंद्रह हजार छः सौ अट्ठारह नमूनों की जांच की गयी अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में अब तक कुल तेईस लाख पच्चीस हजार चार सौ अट्ठाइस कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है उधर पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के चार हजार चार सौ तिरपन नए मामले सामने आए हैं अब तक अड़तालीस हजार छः सौ तिरसठ रोगियों को स्वस्थ हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दी जा चुकी है जबकि सक्रिय मामलों की संख्या चाँतीस हजार नौ सौ अड़सठ है राज्य में बीमारी से अब तक एक हजार छ सौ तीस लोगों की मृत्यु हुई है आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड नाइन्टीन महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है दिल्ली के लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉ नरेश गुप्ता ने कहा कि संक्रमण के अधिकतर रोगी स्वयं ठीक हो जाते हैं और बहत कम रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पडती है

केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए नये विवाह अधिनियम के लागू होने के बाद तीन तलाक के मामलों में भारी कमी आई है इस कानून के लागू होने के एक साल पूरा होने के मौके पर देश भर की मुस्लिम महिलाओं को संबोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि केन्द्र की वर्तमान सरकार ने तीन तलाक को अपराध घोषित किया जिससे मुस्लिम महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है इस अवसर पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीस से अधिक मुस्लिम देशों ने भी तीन तलाक की प्रथा को नियंत्रित किया था लेकिन भारत में ऐसा करने में बहुत समय लग गया केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण अधिनियम ने देश की मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्वालुओं से अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन समारोह का कार्यक्रम अपने घरों पर ही रहकर देखने की अपील की है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अयोध्या में पांच अगस्त को भूमि पूजन समारोह में राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे श्री योगी ने एक लेख के जरिए लोगों से घरों में रहते हुए भूमि पूजन समारोह को देखने की अपील की है और कहा है कि राम भक्त कोरोना से जुडे दिशा निर्देशों का पालन करें प्रदेश के पूर्वी अंचलों में आज भी बादल छाए हुए हैं और रूक रूक बूंदाबादी हो रही है गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह तेज वर्षा हुई सिद्वार्थनगर बलरामपुर बलिया मऊ प्रतापगढ़ पीलीभीत समेत आसपास के इलाकों में भी पिछले चौबीस घटों के दौरान हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गयी मौसम विभाग ने अगले पांच दिनों के दौरान प्रदेश में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है उघर लगातार हो रही वर्षा और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है सरयू नदी अयोध्या और तुर्तीपार में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है राप्ती और रोहिन नदिया भी खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं गोरखपुर जनपद में अस्सी से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित हैं जिला प्रशासन ने बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत कार्यो के लिए करीब दो सौ साठ नावों का प्रबन्ध किया है